हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू दिलायेंगी मंत्री पद की शपथ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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस स्टेशनों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह कोविड महामारी से निपटा है उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा गर्व महसूस करती होगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती में शहीदों का खून समाया हुआ है और वह हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा श्री मोदी ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक उप विकास आयुक्त जैसे पदाधिकारियों को दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है राज्य के विभिन्न जिलों में कल टीकाकरण अभियान के दौरान कई उपायुक्तों और अन्य पदाधिकारियों ने कोरोना के टीके लगवाए इनमें रांची के उपायुक्त छवि रंजन वरीय पुलिस उपाधीक्षक एसके झा पलामू के उपायुक्त शशिरंजन पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं राज्यभर में कल साढे छह हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ इनमें तीन हजार आठ सौ तैंतीस स्वास्थ्य कर्मी तथा दो हजार सात सौ अद्वाइस फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं

सदर अस्पताल के टीकाकरण केन्द्र में उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ट सहित कई पदाधिकारियों और समाहरणलय के विभिन्न शाखाओं के कर्मियों ने टीका लगवाया गोड्डा जिले में कोरोना टीकाकरण का अभियान जारी है

धनबाद जिले में कल देर शाम सिविल सर्जन कार्यालय में सीएस डॉ गोपाल दास ने सभी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा की

पहले चरण में जितने डॉक्टर व कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन किया है सभी को टीकाकरण से जोड़ा जा रहा है

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में निजी क्षेत्र के एक हजार दो सौ उनचालीस और सार्वजनिक क्षेत्र के पांच हजार नौ सौ बारह स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोविड टीके लगवाने वाले संतानबे प्रतिशत लोग संतुष्ट हैं यह परिणाम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के फीडबैक प्लेटफार्म के जरिये टीके लगवाने वाले लोगों के पंजीकरण पर आधारित हैं उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जहां अठारह दिन में ही तिहतर प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके लगाये जा चुके हैं राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अंठावन नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्यभर में अबतक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख अठारह हजार आठ सौ संतानबे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल चौंसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्यभर में अबतक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख सत्रह हजार तीन सौ तिहतर पहुंच गई है वहीं राज्य में कल किसी भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई है और मृतकों की कुल संख्या एक हजार सतहतर है जबकि राज्यभर में अब कोरोना के सिर्फ चार सौ सौंतालीस मामले ही सक्रिय रह गये हैं

लोक सेवा प्रसारक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने पिछले वर्ष मार्च में एक विशष लोक संवाद कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की थी

इन दिनों इस कार्यक्रम में वैक्सीनों के असर और उनके सुरक्षित होने से जुड़ी आशंकाओं का निराकरण किया जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल सिमडेगा में पूर्व मंत्री एनोस एक्का की दो संपत्तियों पर कब्जा कर लिया इन संपत्तियों में एक प्लॉट और एक आवास है ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है जब्त संपत्ति पर ईडी ने सरकारी संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया है

हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा राजभवन ने मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी की पुष्टि की है बताया जाता है कि दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं हालांकि वे अभी विधायक नहीं हैं यदि वे शपथ लेते हैं तो उन्हें छह माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन होने के बाद जहां मंत्री का एक पद रिक्त हो गया था वहीं मध्यपुर विधानसभा सीट भी रिक्त हो गई है इस सीट पर उपचुनाव होना है

राजधानी रांची स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने कल नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी इस दौरान कारा महानिरीक्षक की ओर से जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए बनाए गए एसओपी नियम प्रावधान की जानकारी अदालत में पेश करनी है अदालत ने कारा निरीक्षक से पूछा है कि नए एसओपी को कब तक मंजूरी मिल जाएगी इसके अलावा अदालत ने रिम्स से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है

सभी आंदोलनकारी बिरसा चौक से राजभवन स्थित जाकिर हुसैन पार्क स्थानांतरित हो गए और वहीं धरना देंगे प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई और पुलिस के बीच कल अड़की मुरहू सीमावर्ती जंगल मे मुठभेड़ हुई लगभग आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस टीम को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के अस्थायी कैम्प को ध्वस्त करते हुए कई समान बरामद किये हैं बरामद सामान में तीन सौ पंद्रह बोर की एक राइफल दो देशी पिस्टल दो देशी कट्टा चौंतीस कारतूस तीन खोखा बारह मोबाइल फोन पांच सिम कार्ड पांच मोबाईल चार्जर आदि शामिल हैं छठी जेपीएससी को लेकर दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल चार घंटे सुनवाई चली न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान कल बहस अधूरी रह गयी और आज भी सुनवाई होगी भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नेई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है भारतीय टीम का नेतृत्व विराट कोहली और इंग्लैंड की टीम का नेतृत्व जो रूट करेंगे मैच सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा

खूंटी जिले के तोरपा और कर्रा इलाके में खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे आठ हाइवा और एक ट्रक को पकड़ा है और चालकों को हिरासत में लिया है जब्त हाइवा मालिकों के खिलाफ कर्रा थाने में मामला दर्ज किया गया है रांची के उपायक्त छवि रंजन के निर्देश के बाद कल सभी प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई चतरा जिले की इटखोरी थाना पुलिस ने कल शाम अवैध देसी शराब लदा वाहन जब्त किया है जब्त वाहन से पैंसठ पेटी देसी मसालेदार शराब बरामद की गयी है हालांकि इस दौरान शराब तस्कर और चालक पुलिस को चकमा देकर भाग निकले धनबाद जिले के मौसम में आज से बदलाव के संकेत विभाग ने दिए हैं सुबह कोहरा छाने के बाद दिन में आसमान में बादल छा सकते हैं कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी अनुमान है धनबाद जिला कांग्रेस अनुशासन समिति ने कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा को निलंबित कर दिया है समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार झा ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है और आईये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नये कृषि कानून की खबर को पहले पत्रे पर प्रकाशित किया है नये कृषि कानूनों से भारत का विश्व में बढ़ेगा प्रभाव शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को शीर्षक बनाया है जिसमें उन्होंने कहा किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे वहीं दैनिक जागरण ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के भाषण को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है किसानों की जमीन कोई नहीं छीन सकता रांची एक्सप्रेस ने लिखा है चौरी चौरा आंदोलन में स्वाधीनता की लड़ाई को दिशा दी वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों के लिए है इस बार का बजट दैनिक भास्कर ने हेमंत सोरेन मंत्रीमंडल विस्तार की खबर को पहले पत्रे पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है हाजी हुसैन के बेटे हफीजुल हसन बनेंगे मंत्री